यह पार्क भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है जो सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के नियंत्रण में है और वहां लोगों का जाना वर्जित है इसके अलावा श्री मोदी कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आधारशिला रखेंगे

इस संयंत्र से रोजाना दो लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा

श्री तोमर ने अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों से मिलने के बाद नई दिल्ली में कहा कि अगर किसान यूनियनों का प्रस्ताव आता है तो सरकार निश्चित रूप से बातचीत करेगी उन्होंने कहा भारत किसान समन्वय समिति के सदस्य जो उनसे मिले फार्म बिल का समर्थन किया और उसी पर एक पत्र दिया श्री तोमर ने किसानों के हवाले से कहा कि वे खुश हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वे इसका स्वागत और समर्थन करते हैं मंत्री ने कहा सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की ओर हैं श्री तोमर ने कहा किसान समर्थक सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

उपायक्त ने खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और सहकारिता पदाधिकारियों को कहा कि वे क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को धान के अधिप्राप्ति केंद्र लाना सुनिश्चित करें उन्होंने धोती साडी लंगी योजना और राशन कार्ड बनाने की चल रही प्रगति की जानकारी ली उपायुक्त ने एक सप्ताह के अंदर योग्य लाभुकों की डाटा एंट्री एवं स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया बैठक में यूआईडी सीडिंग पीडीएस सेंटर की जियो टैगिंग एवं ऑफलाइन पीडीएस दुकानों की भी समीक्षा उपायक्त ने दी केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी पूरी करने के लिए राज्यों को छह हजार करोड़ रुपये की सातवीं साप्ताहिक किस्त जारी की है इसमें लगभग पांच हजार पांच सौ सोलह करोड़ रुपये की राशि तेईस राज्यों और करीब चार सौ तिरासी करोड़ रुपये की राशि वैसे तीन केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न राजस्व में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए अक्टूबर में एक विशेष उधार खिड़की की स्थापना की है अब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार खिड़की के माध्यम से बयालीस हजार करोड रुपये की राशि उधार ली गई है

एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए मास्क बैंक के तहत वैसे लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा जो अदालत परिसर में बिना मास्क के आएंगे इसके लिए काउंटर बनाया गया है जहां सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक मास्क बांटा जाएगा

आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघ् फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उत्साहपूर्वक काम किया

श्री सोरेन ने आज पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरुक करने की दिशा में विभाग अभियान चलाए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का सर्वेक्षण कराया जाए

उन्होंने यह भी केहा कि सामुदायिक शौचालयों का रख रखाव मनरेगा के तहत किया जाए

इसमें तीन स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत की गयी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सदस्य डॉक्टर वीकेपॉल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने संयुक्त रूप से यह श्वेत पत्र जारी किया इसमें भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में लोगों की निजता और गोपनीयता के संरक्षण का ध्यान रखने लोगों का फीड बैक लेने और स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में भारत द्वारा क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस महानिदेशक एमवी राव को राजभवन बुलाकर कानून एवं व्यवस्था को लेकर जानकारी ली राज्यपाल ने राज्य में बढ़ रही दृष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस महानिदेशक को इस दिशा में कड़े कदम उठाने को कहा उन्होंने दुमका में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का निर्देश पुलिस मंहानिदेशक को दिया राज्यपाल ने कहा कि राज्य में भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए पुलिस सभी कदम उठाए ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस करें पाकड़ जिले में वन विभाग की टीम ने बिना ट्रांजिट परमिट के कोयले की दलाई में इस्तेमाल किए जा रहे मालगाड़ी की उनसठ बोगियों को कब्जे में कर लिया है इस मामले में पश्चिम बंगाल पावर डेवलोपमेन्ट कॉर्पोरेशन के साइड इंचार्ज को हिरासत में लिया गया है वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला दुलाई से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था

पुलिस अधीक्षक अश्विनी कमार सिंहा ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से पच्चीस मोबाइल फोन अड़तीस सिम कार्ड ग्यारह एटीएम आठ पासबुक दो चेकबुक स्वाइप मशीन पांच मोटरसाइकिल और अठारह हजार रुपए नकद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं इधर रांची के सदर थाना क्षेत्र और लालपुर इलाके से छह साइबर अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है इन साइबर अपराधियों के पास से पन्द्रह मोबाइल फोन बत्तीस सिम कार्ड समेत कई और सामान पुलिस ने जब्त किए हैं पकड़े गए सभी साइबर अपराधियों का कनेक्शन जामताड़ा जिले से है

उसके खिलाफ जब्त वाहन छोड़ने के आरोप में रिश्वत मांगने की शिकायत वाहन संचालक ने एसीबी में दर्ज कराई थी पूरे मामले की छानबीन करने के बाद एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पंलामू एसीबी की टीम इस वर्ष अबतक अठारह सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है

उन्होंने ई ग्रास स्वराज पोर्टल में पंचायत समिति एवं जिला परिषद को मेकर एवं चेकर के रजिस्ट्रेशन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए इसके अलावा लंबित पंचायत भवनों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल को जब्त कर ली है उधर सरायकेला खरसांवा जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के तेलाई के समीप हाता चाईबासा मार्ग पर कार से टक्कर होने के कारण बाइक पर सवार एक शिक्षक की मौत हो गई

नगर आयुक्त की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार इक्कीस को लेकर आज हुई बैठक में इसका उपयोग करने वालों से जुर्माना वसूलने का भी निर्णय लिया गया सभी दुकानदारों तथा प्रतिष्ठानों को ैअपने परिसर तथा सड़कों पर गंदगी नहीं फेलाने को भी निर्देश दिया गया बैठक में होल्डिंग टैक्स की वसूली और व्यापारियों को जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनाने का भी निर्देश दियो गये

रांची जिले के चौबीस थानों के प्रभारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया है

इसकी जानकारी मिलने के बाद उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है